कांग्रेस कार्य समिति की आज नई दिल्ली में बैठक पार्टी अध्यक्ष के चुनाव पर की जाएगी चर्चा राज्य विधानसभा के पांचवे सत्र की कार्यवाही में आज पेश किए जाएंगे आठ विधेयक

वहीं कई बांध लबालब हो गए हैं

झालावाड़ का कालीसिंध बांध भर गया है इसके कई गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है ब्रंदी जिले के गरड़दा बरधा और गुढा बांधों का कल अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया और उनकी भराव क्षमता की जानकारी ली इधर राजधानी जयपूर में देर रात से ही रिमझिम बारिश का दौर बना हुआ है मौसम विभाग ने आज अजमेर पाली और नागौर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है वहीं जयपुर भीलवाड़ा सिरोही और जोधप्र जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है

राजसमंद के उषाण गांव के पास बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई ये उदयपुर के शोभापुरा क्षेत्र के रहने वाले थे इस बीच अलवर के कैमाला गांव में कल रात मकान क्षतिग्रस्त होने से उसमे सो रहे चार लोगों की मृत्यु हो गई वहीं बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा छोटी सरवन और अम्बापुरा इलाके में बारिश के कारण कई मकान धराशायी हो गए

पार्टी के महासचिव के सी वेण्गोपाल ने एक ट्वीट में कहा है कि यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आयोजित होगी बैठक के दौरान पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के अलावा देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी

पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की कल जयपुर में हई वर्चअल बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि राज्य में बिजली के बिलों में बढ़ोत्तरी हो रही है जबकि सरकार ने जनता से बिजली की दर नहीं बढ़ाने का वायदा किया था लेकिन अब वह वादाखिलाफी कर रही है

इसके अलावा राजस्व विभाग के मंत्री हरीश चौधरी पांच अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे

इससे पहले शुक्रवार को कोरोना पर चर्चा के बाद सदन की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी गई थी

श्री जावड़ेकर ने कहा कि फिल्म और टेलीविजन महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श के बाद फिल्म और टेलीविजन उद्योग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है

उन्होंने कहा कि देश के कई भागों में इस उद्योग को पूरी तरह बंद कर दिया गया था और कुछ राज्यों में आंशिक रूप से शूटिंग की अनुमति दी गई थी फिल्म जगत ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक मेहुल कुमार ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री को धन्यवाद दिया

कोविड मृत्यु दर भी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में घटकर एक दशमलव आठ छह प्रतिशत पर आ गई है

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा है कि दिव्यांगजन को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निर्धारित कोटे का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए जिने लोगों को इस योजना के अंतर्गत अब तक शामिल नहीं किया गया है उनके लिए पात्रता के आधार पर नए राशन कार्ड बनाए जाएं